मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बेहतर समाज के लिए लोगों को त्वरित व किफायती न्याय सुनिश्चित बनाया जाना बेहद आवश्यक है ये बात आज उन्होंने मण्डी जिले के थुनाग में सिविल जज कोर्ट का शुभारम्भ करने के बाद कही इस दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी भी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि थुनाग में न्यायिक परिसर व न्यायालय स्थापित हो ताकि न्यायिक अधिकारियों सहित अन्य लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही समाज में नैतिक मूल्यों में बहुत गिरावट आई है इसके बावजूद न्यायालय पर लोगों की आस्था व विश्वास अभी भी कायम है जो देश की सबसे बड़ी ताकत है उन्होंने कहा कि न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था व भरोसा हमेशा कायम रहना चाहिए

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को प्रदेश की यादगार यात्रा के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से सरकार ने स्वर्ण जयंति वर्ष को शानदार तरीके से मनाने की योजना बनाई है मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए अपने संबंधित क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने को कहा मुख्यमंत्री ने बाद में थुनाग में उप रोजगार कार्यालय का भी लोकार्पण किया इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने कहा कि लोगों को त्वरित व किफायती न्याय प्रदान करने के लिए मोबाईल न्यायालय लोक अदालत और ग्राम अदालतें कार्यशील हैं उन्होंने कहा कि थुनाग में न्यायालय की स्थापना से वांछित परिणाम हासिल करने में सुविधा मिलेगी राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन शिमला में अपने एक वर्ष के कार्यकाल पर आधारित कॉफी टेबल ब्रुक का विमोचन किया कॉफी टेबल बूक में राज्यपाल के एक वर्ष के दौरान प्रदेश व प्रदेश से बाहर विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों को पूस्तक के माध्यम से प्रकाशित किया गया है इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर और पुलिस अधीक्षक मोहित चावला सहित राजभवन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा ने जसवां परागपुर क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है ये बात आज उन्होंने जोल स्थित अपने आवास में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों सहित वार्ड सदस्यों को सम्मानित करने के अवसर पर कही बिक्रम ठाक्र ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से निष्पक्ष व निर्भीक होकर अपनी संबंधित पंचायतों में विकास कार्य करने का आहवान किया

प्रदेश सरकार ने पहली फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है हालांकि इन स्कूलों में अध्यापकों सहित अन्य स्टॉफ को आज से स्कूल जाना अनिवार्य किया गया है उच्चतर शिक्षा विभाग सोलन के निदेशक योगेन्द्र मखैक ने बताया कि अर्की कसौली सहित जिले के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पहली फरवरी से नियमित कक्षाएं लगाने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि कक्षाएं शुरू होने पर मास्क पहनने सहित सामाजिक दूरी का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाएगा और इस दौरान प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी